उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से ज्यादा प्राथमिकता दी थी उन्होंने कहा कि गांधीजी ने स्वच्छता को जन आंदोलन में बदल दिया था श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता पर इतने देशों का एकजुट होना एक अभूतपूर्व घटना है इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियों गुटेरेज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती भी मौजूद थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है राजधानी जयपुर में सचिवालय और गांधी सर्किल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर आज सूबह माल्यार्पण किया गया और रामध्न और भक्तिगान किया गया प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी गांधी जयंती मनाये जाने के समाचार मिल रहे है

हनुमानगढ़ जिले में वर्षभर चलने वाले समारोहों में चिकित्सा विभाग को ओर से कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जायेगा महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आज जयपुर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरिच ब्यूरों द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर श्रद्वासुमन अर्पित किए

उन्होंने सैनिकों और किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया प्रदेशभर में भी शास्त्रीजी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिल रहे है

जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त वैभव गालरिया ने बताया कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्रीचंद कृपलानी करेंगे

राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा आज राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्राम और वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है इस दौरान न केवल पात्र मतदाताओं के नाम मौके पर जोड़े जाएंगे बल्कि दोहरी संदेहास्पद या स्थानान्तरित मतदाताओं की प्रविष्टियों को हटाने की कार्यवाही भी की जाएगी

प्रदेश में जयपुर और अन्य कई रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर उदयपुर जोधपुर और बीकानेर रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डो को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र रेलवे के एक अधिकारी को दो दिन पहले डाक के जरिए मिला था इसके बाद जयपुर रेलवे स्टेशन सहित संबंधित जगहों पर पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई हैं धमकी के मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही हैं और रेलवे स्टेशनों पर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही हैं